इस मौके जयराम ठाकुर ने कहा कि डीएनए खंड बनने से धर्मशाला से डीएनए रिपोर्ट प्राप्त करने में चंबा कांगड़ा और ऊना ज़िलों को मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने एक वर्ष में इसके भवन का निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि ये देश की पहली प्रयोगशाला है जो राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड से परीक्षण व अंशशोधन प्रयोगशाला के लिए मान्यता प्राप्त है जयराम ठाकुर ने प्रयोगशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का भी शुभारंभ किया उन्होंने कहा कि ये सुविधा फॉरेंसिक विशेषज्ञों के श्रम व समय की बचत के अलावा गुणात्मक रिपोर्ट के सृजन में मदद करेगी जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रैस क्लब द्वारा आयोजित स्कूली बच्चों की नशा निवारण रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस मौके उन्होंने नशे की बढ़ती प्रवृति पर चिंता जताते हुए कहा है कि नशा तस्करी को रोकने के लिए ज़रूरत के मुताबिक कानून सख्त किए जाएंगे जयराम ठाकुर ने अभियान की सफलता के लिए दृढ़ निश्चय के साथ काम करने की ज़रूरत बताते हुए हर वर्ग की सहभागिता को अहम बताया

वार्षिक उत्सव वन मंत्री गोबिंद सिंह ठाकुर ने युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने और वनों के संरक्षण के लिए आगे आने का आहवान किया है कुल्लू जिले के नग्गर में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के वार्षिक उत्सव में आज बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने ये बात कही गोबिंद ठाकुर ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए शिक्षकों व अभिभावकों से विशेष एहतियात बरतने और स्कूल परिसर के आसपास संदिग्ध लोगों पर नज़र रखने को कहा गोबिंद ठाकुर ने कहा कि पाठशाला में अत्याधुनिक सुविधा वाली विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जाएगी इस मौके पर उन्होंने विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया अनुराग लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकुर ने राफेल डील पर अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा झूठी बयानबाजी को देश की साख गिराने का प्रयास बताया है

अनुराग ठाकुर ने कहा कि फ्रांस से राफेल डील देश की सुरक्षा संबंधी एक अहम सैन्य डील है जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी शुरू से ही भ्रामक प्रचार व झूठी अफवाहें फैला रही है उन्होंने कहा कि राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद से देश की वायू सेना को मज़बूती मिलेगी और सेना स्वयं भी इस खरीद का समर्थन कर रही है अनुराग ठाकुर ने कहा कि राफेल रक्षा खरीद सौदे में तय प्रक्रिया का पालन किया गया है

कमेटी के प्रवक्ता अनिल सहगल ने कहा है कि इससे सर्दियों के दौरान लाहौल के लोगों को रोहतांग दर्रा बंद होने पर भी आवाजाही की सुविधा मिलेगी कार्यशाला मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण योजना के तहत टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के अंतर्गत कुल्लू में आज एक कार्यशाला लगाई गई इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुल्लू विकास खंड के पंचायत प्रतिनिधियों व सचिवों को टीबी रोग के लक्षण व ईलाज के बारे विस्तृत जानकारी दी

खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजीत ने बताया कि विभाग के विशेषज्ञों द्वारा इन लोगों की समय समय पर जांच कर दवाईयां दी जा रही हैं उन्होंने इस बीमारी को रोकने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की जागरूकता पर विशेष बल दिया मौसम प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में रूक रूक कर हिमपात हो रहा है जिससे ठंड में वृद्वि हुई है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में दिनभर हिमपात का कम जारी रहा और घाटी में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है ज़िले के कई भागों में बिजली की आंख मिचौनी से लोग परेशान हैं

नमस्कार